बाघा बॉर्डर के रास्ते होगी वतन वापसी

और उत्तर प्रदेश से आ रही ठंडी हवाओं के कारण बिहार में ठंड बढ़ी

पाकिस्तान अपने कब्जे में रखे गये भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को आज रिहा करेगा अभिनंदन की आज बाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापसी होगी वायुसेना के अधिकारियों की टीम अभिनंदन को लेने बाघा सीमा पर जायेगी पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन को रिहा की घोषणा करते हुये प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि शांति के प्रतीक के तौर पर उनका देश यह कदम उठा रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति नहीं चाहता है और वार्ता के माध्यम से मौजूदा स्थिति में सुधार का पक्षधर है इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन को तत्काल रिहा करने को कहा था विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा था कि सैन्य कार्रवाई के दौरान वायुसेना के पायलट का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इसी दौरान वे पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के चंगुल में फंस गये थे जहां से उन्हें कैद में कर लिया गया था भारत ने विंग कमाण्डर अभिनन्दन के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत समझौते या वार्ता से भी इन्कार किया है और कहा है कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी बिना कोई नुकसान पहुंचाये भारत को लौटाया जाना चाहिए सरकारी सूत्रों ने नई दिल्ली में कहा कि अगर पाकिस्तान सोचता है कि वह हिरासत में लिए गए भारतीय सेना के अधिकारी को बंधक बनाकर अपनी बात मनवायेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा सूत्रों ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत शुरू करना चाहता है तो वह आतंकवाद के खिलाफ फौरन ऐसे भरोसेमंद कदम उठाए जिनकी तसदीक की जा सके भारतीय सेना ने कहा है कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाये रखने के लिए वचनबद्ध है साथ ही वह भारत और उसके नागरिकों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण षड्यंत्र रचने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी नई दिल्ली में सेना के तीनों अंगों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में थलसेना के मेजर जनरल एस एस महल ने कहा कि मशीनीकृत ट्कडियों को तैयार हालत में रखा गया है और सैनिक किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं उन्होंने राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि सेना पूरी तरह तैयारी की हालत में है और पाकिस्तान की ओर से उकसावे की किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गंगा अगले तेरह महीने में अविरल हो जायेगी छपरा में सड़क सेतु और सीवरेज से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की शुद्धीकरण के लिये छब्बीस हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय अब नालंदा में ही होगा मुख्यमंत्री आज नालंदा के महाबोधी कॉलेज के पास खूला विश्वविद्यालय के मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे अब तक नालंदा खुला विश्वविद्यालय को पटना से संचालित किया जा रहा था स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि आने वाले एक साल के अंदर राज्य के विभिन्न जिलों में बारह नये मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया जायेगा मंझौलिया में दो दिवसीय स्वास्थ्य महाकुंभ मेले का उदघाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य के लिये चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली के साथ ही आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है उच्चतम न्यायालय ने इक्कीस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे करीब ग्यारह लाख अस्सी हजार लोगों को हटाने संबंधी तेरह फरवरी के आदेश पर अमल रोक दिया है वहां की जमीन पर इन लोगों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई को रखी है पूर्वी बिहार में बने ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है तेज हवा और ध्रल भरी आंधी के चलते पारे में गिरावट दर्ज की गयी है गया में अधिकतम तापमान सबसे अधिक सात डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जबकि पटना में दिन के तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी हालांकि न्यूनतम तापमान अधिकांश शहरों में सामान्य बना रहा मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों में ठंड सामान्य होने के आसार हैं रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गयी है सब्सिडी वाला सिलेंडर दो रूपये आठ पैसे और गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर बयालीस रूपये पचास पैसे मंहगा हो गया है उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली कंपनी समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत के सिलसिले में गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस आम्रपाली के निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर सकती है रेल मंत्री पीयूष गोयल आज आरा से रांची के लिये नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे रांची आरा रांची साप्ताहिक ट्रेन का नियमित परिचालन रांची से दो मार्च और आरा से तीन मार्च से शुरू हो जायेगा पटना से गाजियाबाद के लिये आज से हाईटेक बस सेवा शुरू हो रही है पटना से गाजियाबाद के लिये कुल चार बसों का परिचालन किया जायेगा इसके अलावा नालंदा किशनगंज और बक्सर से भी एक एक बस चलेगी पटना में आज से बाईक टैक्सी सेवा का शुभारंभ हो रहा है राष्ट्रीय स्तर की तीन कंपनियां रैपिडो ओला और उबर मोटरसाइकिल के जरिये लोगों को परिवहन उपलब्ध करायेगी एप पर बुक करने के दस मिनट के अंदर सेवा उपलब्ध हो जायेगी बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गयी है बिहार बोर्ड के अनुसार इंटर परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य दो मार्च से और मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन ग्यारह मार्च से शुरू किया जायेगा मूल्यांकन कार्य के लिये कुल तीन सौ नौ केंद्र बनाये गये हैं जिसमें इंटर के लिये एक सौ तिहत्तर और मैट्रिक के लिये एक सौ छत्तीस केंद्र कार्य करेंगे इसके पूर्व मैट्रिक परीक्षा कल समाप्त हो गयी मैट्रिक परीक्षा के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है जब निष्कासित छात्रों की संख्या दो सौ को पार नहीं कर पायी मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक सौ बासठ परीक्षार्थी निष्कासित हुये जबकि पचपन फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया कस्टम विभाग की टीम ने देर रात पाटलिपुत्रा जंक्शन पर डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में छापा मारकर पच्चीस लाख रूपये का विदेशी सिगरेट बरामद किया बीते एक सप्ताह में कस्टम और डीआरआई के ऑपरेशन में विदेशी सिगरेट की तीन खेप अलग अलग ट्रेनों से पकड़ी जा चुकी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव मेदो दास के वेतन भूगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने औचक निरीक्षण में उप सचिव और कार्यालय सहायक को बिना सूचना के अनुपस्थित पाया था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तान के कब्जे से रिहाई और सेना के बयान की खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है इसके अलावा कई अन्य खबरों को भी जगह दी है हिन्दुस्तान लिखता है पाक झुका देश में आज अभिनंदन अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ मोदी दैनिक भास्कर लिखता है घूटनों पर पाक भारत का अभिनंदन दैनिक जागरण ने पायलट अभिनंदन की जाबांजी की खबरों को प्रमुखता देते हुये सुर्खी लगाया है पैर में लगी थी गोली चेहरे पर पत्थर की चोट जुबां पर था हिन्दुस्तान जिंदाबाद

बाघा बॉर्डर के रास्ते होगी वतन वापसी

और उत्तर प्रदेश से आ रही ठंडी हवाओं के कारण बिहार में ठंड बढ़ी